मुख्यमन्त्री उन विधायकों के नाम सदन में बताएं विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस विधायकों को बार बार शांत करने का प्रयास किया

इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कई कांग्रेस विधायक खड़े हो गए और चर्चा की मांग करने लगे शोर शराबे के बीच मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विधायकों को लेकर कोई गलत ब्यान नहीं दिया है और न ही ऐसी बात की है जिसका उल्लेख कांग्रेस विधायक कर रहे हैं इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के वीरभद्र सिंह आशा कुमारी व राम लाल ठाकुर सदन से बाहर चले गए क्छ देर बाद समी कांग्रेसी विधायक सदन से चले गए वॉकआउट के करीब आधे घण्टे बाद कांग्रेस विधायक धीरे धीरे सदन में वापिस लौट आए कांग्रेस विधायकों के बाहर जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये विषय उठाना उचित नहीं था और कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए उन्होंने इस मुददे पर कांग्रेस पर बात का बतंगड़ बनाने का अरोप लगाते हुए कहा कि वे सभी सदस्यों का पूरी तरह सम्मान करते हैं और अध्यक्ष भी कांग्रेस को बोलने का अवसर दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी सच्चाई है कि बजट का विरोध करना विपक्ष की मजबूरी है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आज आंतरिक विरोध से जूझ रही है और सदन में इसी की झलक दिखाई दे रही है उन्होंने कहा कि महज खबर बनाने के लिए ही कांग्रेस ने वॉकआउट का सहारा लिया है

हालांकि इस मुददे पर सरकार गंभीर है और चर्चा भी की जाएगी प्रश्नकाल में भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर जयराम ठाक्र ने ये जानकारी दी और कहा कि प्रानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं मगर मौजूदा वित्तीय स्थिति व अन्य कारणों से इसे फिर बहाल करना कठिन होगा पुरानी पेंशन योजना को लेकर रमेश धवाला द्वारा कमेटी के गठन संबंधी सुझाव पर मुख्यमंन्त्री ने विचार की बात कही सीपीएम के राकेश सिंघा ने भी पुरानी पैंशन बहाली की पैरवी करते हुए कहा कि जब विधायकों के लिए पैंशन का प्रावधान है तो पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगाने वाले कर्मचारियों के लिए भी पैंशन होनी चाहिए भाजपा के परमजीत सिंह के मूल और कांग्रेस के आशीष बुटेल के पूरक सवाल पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ज़रूरत के मुताबिक और हर विधानसभा क्षेत्र में एक बीडीओ कार्यालय खोलने का मामला सरकार के विचारधीन है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के लिए एक नई खनन नीति बनाई जाएगी जिससे माफिया पर नकेल कसेगी और पर्यावरण भी बचाया जा सकेगा वे आज ऊना में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वां नदी तटीकरण परियोजना के लिए जल्द धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास व जनकल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है विमोचन इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर अवनीश वर्मा की पुस्तक स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का आज ऊना में विमोचन किया अवनीश वर्मा ने बताया कि ये पुस्तक एनसीटीई के पाठ्यक्रम पर आधारित है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है ये बात कल उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की संदू पंचायत में छिंज मेले के दौरान एक जनसभा में कही सरवीण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में विकास की गति को और तेज किया जाएगा प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत डीएवीपी इकाई ने शिमला के गेयटी थियेटर में चित्र प्रदर्शनी लगाई है नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने आज इसका शुभारम्भ किया इसमें चित्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जा रही है